वे सड़सठ वर्ष की थीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सूत्रों ने बताया कि उनको रात करीब साढ़े नौ बजे अस्पताल लाया गया डॉक्टरों के एक दल ने उनकी जांच की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उनके आवास पर लाया गया है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा और लगभग ग्यारह बजे अंतिम दर्शन और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भाजपा मुख्यालय ले जाया जाएगा दोपहर बाद तीन बजे उनका पार्थिव शरीर लोधी रोड श्मशान गृह ले जाया जाएगा जहां पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा कई अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि देश ने एक लोकप्रिय नेता खो दिया जो सार्वजनिक जीवन में गरिमा साहस और निष्ठा की प्रतीक थी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने सुषमा स्वराज के निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति और स्वयं के लिए भी व्यक्तिगत क्षति बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक गौरवमयी अध्याय का अंत हो गया है राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा है कि भारत ने एक महान विदूषी राष्ट्रभक्त अत्यंत लोकप्रिय और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण राजनेत्री को खो दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता ओजस्वी एवं कुशल नेत्री के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा की धनी थी इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जीतन राम मांझी केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी रामकृपाल यादव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों और गणमान्य लोगों ने सुषमा स्वराज के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है संसद ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त करने के संकल्प को मंजूरी दे दी है लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया राज्यसभा ने इसे पहले ही पास कर दिया था अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करना जरूरी हो गया था क्योंकि यह कश्मीर को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने में एक बाधा बना हुआ था

उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमेशा ही भारत का ही अंग रहेगा उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद ही घाटी में आतंकवाद का मूल कारण है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रस्ताव लाकर एनडीए सरकार ऐतिहासिक भूल नहीं कर रही बल्कि ऐतिहासिक भूल को सुधार रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास देखने के बाद घाटी के लोगों को समझ में आएगा कि धारा तीन सौ सत्तर के कारण वे विकास में कितना पीछे रह गये संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि यह निर्णय ऐतिहासिक है निवेश में बढ़ोतरी होगी जिससे राज्य का विकास होगा उन्होंने कहा कि विधेयक से जम्मू कश्मीर में पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा बाईट उससे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अब तक मुसीबतें चल रही थी वहां के लोगों की वो दूर होंगी वहां पर विकास होगा और भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को समान अधिकार मिलेंगे महिलाओं को जो अभी अधिकार उनसे वंचित थीं अब से वो मिलेंगे और भारत का जो संविधान है वो पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा इंडियन पैनल कोड लागू होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारी बहुमत से संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने का स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने इसे भारत के संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अवसर बताया उन्होंने कहा कि देश एक साथ खड़ा होगा और एक साथ एक अरब तीस करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करेगा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार विधानसभा में कथित अवैध बहाली के मामले में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह सहित इकतालीस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगा विधानसभा सचिवालय ने भी आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है अवैध बहाली का मामला दो हजार से दो हजार पांच के बीच का है ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र इसी सप्ताह विशेष निगरानी अदालत में दायर किया जायेगा राज्य मंत्रिमंडल ने तीस अगस्त दो हजार अठारह से पहले बने अपार्टमेंट की रजिस्ट्री में रेरा नम्बर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके लिए बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियमावली दो हजार उन्नीस के गठन की स्वीकृति दे दी गई है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने दारोगा पद की बहाली में दौड़ पूरा करने के लिए मिलने वाले समय को छह मिनट से बढ़ाकर साढ़े छह मिनट कर दिया है इसके लिए बिहार पुलिस हस्तकउन्नीस सौ अठहत्तर के प्रावधानों में संशोधन करने और अधिसूचना प्रारूप की मंजूरी दी गई है नवादा के छोटे से गांव शाहपूरा की संजना तेज दौड़ में कई पदक जीतकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गयी हैं

हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है सांसों का संकल्प पूरा प्रभात खबर का शीर्षक है अनुच्छेद तीन सौ सत्तर अब इतिहास तीन सौ सत्तर वोटों से जम्मू कश्मीर को बांटने वाला बिल लोकसभा से पास

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जताया शोक